प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की दस सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी नामांकन की अंतिम तिथि चार अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अब तक के सबसे बड़े टाउनहाल कार्यक्रम के जरिये मैं भी चौकीदार अभियान के तहत जनता से करेंगे सीधा संवाद निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में प्रचार सामग्रियों को हटाने का सिलसिला है जारी

असम में कल गोहप्र में भारतीय जनता पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर में घुसपैठ की समस्या उन्नीस सौ सत्तर के दशक से कांग्रेस सरकार की नीतियों की देन है उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा लोगों को धोखा देती रही है लेकिन यह चौकीदार घ्सपैठ आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेगा अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चौकीदार ने चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है श्री मोदी ने कहा कि इस चौकीदार को स्वतंत्रता प्राप्ति के सात दशक बाद अरूणाचल प्रदेश को रेल मानचित्र पर लाने का अवसर मिला विपक्षी पार्टियों की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भारत का विकास और इसकी सफलताएं अच्छी नहीं लगी हैं इससे पहले प्रधानमंत्री ने अरूणाचल प्रदेश से पूर्वोतर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की शुरूआत की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने नई दिल्ली में एनडीए सरकार पर आरोप लगाया कि उसने पांच वर्ष के दौरान देश की अर्थव्यवस्था का ठीक से प्रबंधन नहीं किया कैराना संसदीय सीट से सपा प्रत्याशी तब्सुम हसन के पक्ष में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने केन्द्र और राज्य सरकार पर जमकर कटाक्ष किये उन्होंने भाजपा सरकार को किसान मजदूरों व्यापारियों और नौजवानों का विरोधी करार देते हए कहा कि सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी कल सुल्तानपुर में लोगों से मुलाकात की और उन्हें सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जाप्र में कई स्थानों पर जनसंपर्क किया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज नगीना और बागपत में तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पॉच अप्रैल को अमरोहा और सहारनपुर में दो स्थानों पर चुनावी जनसभा को सम्बोधित करेंगे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण की सोलह सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल बदायूं में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री साबित हुए हैं उनके क्शल नेतृत्व में जितना काम महिलाओं के लिए किया गया है उतना पहले कभी नहीं हुआ केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सरकार ने हर मुनकिन कदम उठाये हैं उधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कल अपने चुनावी अभियान की शुरूआत करते हए फिरोजाबाद में जनसंपर्क किया उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है उन्होंने कहा कि उनका मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की दस सीटों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किये जा रहे हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी वेंकटेश्वर लू ने बताया कि नामांकन के तीसरे दिन कल कुल सात लोगों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये इनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने फिरोजाबाद संसदीय सीट से अपना नामांकन दाखिल किया वहीं संभल से भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने बदायूं से कांग्रेस के सलीम शेरवानी ने मुरादाबाद से भारतीय हरित पार्टी के श्री दिलेराम ने मैनपुरी से मौलिक अधिकार पार्टी के तेजप्रताप ने और एटा से भाजपा के राजवीर सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया इसके अलावा ऑवला से निर्दलीय उम्मीदवार प्रीती कश्यप ने भी कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तीसरे चरण में मुरादाबाद रामपुर सम्मल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायू आंवला बरेली और पीलीमीत लोकसभा निर्चावन क्षेत्र में तेईस अप्रैल को मतदान होगा इस चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया अद्वाइस मार्च से शुरू हुई थी जो चार अप्रैल तक चलेगी नामांकन पत्रों की जाँच पाँच अप्रैल को होगी और आठ अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कल दो और उम्मीदवारों के नाम घोषित किये हैं पार्टी ने गोरखपुर संसदीय सीट से रामभुआल निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है वहीं कानपुर से रामकुमार पार्टी के प्रत्याशी होगें

पार्टी उत्तर प्रदेश में अब तक सैंतीस में से अपने चौबीस उम्मीदवारों के नाम घोषित कर च्की हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अब तक के सबसे बड़े टाउनहॉल कार्यक्रम के जरिये मैं भी चौकीदार अभियान के तहत प्रदेश में पाँच सौ स्थानों पर जनता से सीघे संवाद करेंगे

इसी तरह प्रदेश सरकार के मंत्री और पदाधिकारी विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे अभियान के प्रभारी प्रकाश पाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोलह मार्च को मैं भी चौकीदार अभियान की शुरूआत की थी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि जो भी गरीबी भ्रष्टाचार गंदगी और सामाजिक दुराइयों से लड़ रहे हैं वह सभी चौकीदार हैं भारत की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करने वाला हर शख्स चौकीदार है प्रदेश में लोकसभा चुनाव दो हजार उन्नीस के साथ ही होने वाले विधान सभा उपचुनाव में मतदाताओं की पहचान के लिए ईवी एम और वीवीपैट पर लोकसभा और विधान सभा का स्टीकर चिपकाया जायेगा जो अलग अलग रंगो में बैलेट पेपर के ही रंग का होगा इसके अलावा बैलेट यूनिट कन्ट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट के ऊपरी हिस्से पर भी पहचान के लिए उसी रंग के ही स्टीकर चिपकाये जायेंगे प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलवेंकटेश्वर लू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निघासन में इस बार लोकसभा के साथ ही विधान सभा का भी उपचुनाव होगा उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा विधायक चौधरी वीरेन्द्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये है

हमारे संवाददाता ने बताया कि छः बार विधायक रहे चौधरी वीरेन्द्र सिंह के भाजपा में शामिल होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर आज सभी बैंको को निर्देश दिया है कि वे सरकारी काम काज से संबंधित अपनी सभी शाखाओं को खोलने की व्यवस्था करें भारत सरकार ने सभी भ्गतान और लेखा कार्यालयों को रविवार को खोलने का निर्देश दिया है जिससे सरकारी प्राप्ति और भुगतान किया जा सके निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में प्रचार सामाग्रियों को हटाने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत अब तक कुल उन्तीस लाख चौबीस हजार नौ सौ उन्हत्तर यॉल राइटिंग पोस्टर्स बैनर्स को सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से हटा दिया गया हैं या ढक दिया गया हैं

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयकर नारकोटिक्स पुलिस तथा आबकारी विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही में अब तक कुल एक सौ चौबीस करोड़ रूपये से अधिक की नगदी जब्त की गयी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था के तहत अब तक सात लाख पच्चीस हजार एक सौ तीन लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये हैं तथा चार सौ इकत्तीस लोगों के लाइसेन्स निरस्त किये गये हैं पीलीमीत में बरेली हाइवे पर जहानाबाद थानाक्षेत्र के खमरिया पुल के पास कल सुबह एक कार और बस की टक्कर में पाँच लोगों की मौत हो गयी

उधर औरैया जिले में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने आलू से लदे ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से टक्कर मार दी जिससे कार में सवार दो लोगों की मौत हो गयी